मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वाचंल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बनेगी और इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा

प्रवांचल एक्सप्रेस वे के इसी निरीक्षण और विकास के अलग अलग पैकेजज है उसकी प्रोग्रेस क्या है उसकी मानक की गुणवत्ता को बनाये रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे है और निश्चित ही इस विकास की सकारात्मक रूप के कारण हम प्रदेश के विकास को नई ऊँचाईयां देने में सफल होंगे हम दीपावली के गिफ्ट के रूप में प्रर्वाचल वासियों को इस एक्सप्रेस वे के भेंट के रूप में दे सके मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन सौ चालीस किलोमीटर लम्बा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ बलिया और वाराणसी को जोड़ने का काम करेगा उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिये सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में महिला आयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये बहुत सी योजनाएं चल रही है जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिशन इन्द्र धनुष व महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने जैसे कार्यक्रम अहम है उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले तक देश में बहुत से जनपद ऐसे थे जहां पर बालक बालिकाओं के अनुपात में काफी अन्तर आ गया था इस विषमता को प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से दूर करने में हम काफी हद तक सफल रहे अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प इस महीने के अंत में दो दिन की भारत यात्रा पर आएंगे अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी

दिल्ली के बाद वे अहमदाबाद भी जाएंगे उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई है इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंधों का उल्लेख करते हुए भारत अमरीकी कार्यनीतिक भागीदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की द्विपक्षीय व्यापार संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सहित कई मुद्दों को देखते हुए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है

कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत केवल उसी मामले में दी जा सकती है जिनमें पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का अध्ययन करने के बाद उचित कदम उठाएगी शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि नौकरियों तथा पदोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है राज्यसभा में बयान देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कल कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में न तो कोई पार्टी थी और न ही उसने कोई शपथ पत्र दाखिल किया है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

दलगत भावना से उपर उठकर विपक्षी सदस्यों ने शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर मांग की कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एनडीए सरकार ने अपने शासनकाल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया है और खाद्य मुद्रास्फीति भी सीमित स्तर से अधिक नहीं बढ़ी है

उन्होंने कहा कि जी एस टी संग्रह में निरंतर सुधार हो रहा है मौजूदा वित्त वर्ष के पिछले छह महीने में यह एक लाख करोड़ रुपये स अधिक हो गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मंत्रालय के संसाधनों में कोई कटौती नहीं की गई है जीएसटी क्षतिपूर्ति पर वित्तमंत्री ने फिर स्पष्ट किया कि राज्यों का जीएसटो संग्रह का बकाया दो किश्तों में दिया जाएगा

वित्त मंत्री ने बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन आज बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया इस दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली अन्त्योदय के प्रणेता और एकात्म मानववाद के नये दर्शन को भारतीय राजनीति में प्रस्तुत करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चारबाग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के संकल्प के साथ बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल जी ने आजादी के बाद राजनीति को भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शो के अनुरूप नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें याद किया गया चन्दौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी समाधि स्थल पर श्रद्वाजंलि अर्पित कर उन्हें याद किया जौनपुर अमरोहा कन्नौज सहित विभिन्न जनपदों में इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय एक महान चिंतक और कुशल संगठनकर्ता थे उन्होंने एकात्म मानववाद की प्रगतिशील विचारधारा को एक नई दिशा दी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए बांदा के सीआरपीएफ जवान विकास कुमार को नमन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है